इस चरण में सात राज्यों के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को वोट डाले जाएंगे

इसके बाद इन स्थानों पर प्रत्याशी सिर्फ घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे इस अवधि में सिनेमा घर केबल नेटवर्क टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा भी जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा नुक्कड़ नाटक संगीत सभा या अन्य मनोरंजन वाले कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार या मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा इस संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी चुनाव प्रचार प्रदेश की आठ लोकसभा सीटें मुरैना भिण्ड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ में भी आखिरी दिन चुनाव प्रचार चरम पर हैं भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेता प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा की श्री पायलट ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि एनडीए सरकार में देश में पेट्रोल डीजल महंगें हो गये है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं वहीं ग्वालियर और राजगढ़ सीट के ब्यावरा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह आज पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी आज ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद देश में कांग्रेस के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय गठबंधन बनेगा और उसकी ही सरकार बनेगी कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के खिलचीपुर में पार्टी प्रत्याशी मोना सुस्तानी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे श्री सिद्ध आज शाम इन्दौर में भी चुनावी सभा करेंगे इस चरण के बाद लोकसभा चुनावों के सातवें और अंतिम चरण में शामिल आठ लोकसभा क्षेत्रों इन्दौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खरगोन और खंडवा में चुनाव प्रचार तेज हो जायेगा

इसी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा रतलाम और इन्दौर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी कल धार के अमझेरा में प्रचार करेंगे हमारे शाजापुर संवाददाता ने बताया है कि श्री गांधी कल जिले के शुजालपुर देवास संसदीय सीट से प्रत्याशी प्रहलाद सिंह टिपानिया के समर्थन में सभायें करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इन्दौर में कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी के लिये वोट मागेंगे मतदाता जागरूकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास तेज हो गये हैं भिंड में आज सुबह मतदाता जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही आम लोगों ने भी भाग लिया

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वाहलीफायर में आज डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नेई सुपर किंग्स से होगा ये मैच विशाखापत्तनम में शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा विजेता टीम रविवार को हैदराबाद में होने वाले फाइनल मैच में मुम्बई इंडियंस से भिड़ेगी मौसम प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है कल खजुराहो नौगांव रीवा और सीधी प्रदेश के सबसे गर्म इलाके रहे

निर्वाचन कार्य में जुटे पुलिस प्रशासन अधिकारियों की बैठक लेकर मतदान और मतगणना की समीक्षा की